उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवाद बी के हरिप्रसाद को हराया श्री हरिवंश को एक सौ पच्चीस मत मिले जबकि श्री हरिप्रसाद को एक सौ पांच वोट मिले सभापति एम वेंकैया नायडु ने मेजों की थपथपाहट के बीच चूनाव परिणाम की घोषणा की श्री हरिवंश जाने माने पत्रकार हैं और राज्यसभा में जनता दल युवाइटेड के सदस्य के रुप में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रधानमंत्री नंरेद मोदी ने जीत पर हरिवंश को बधाई दी है श्री निपो नाबाम अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ए पी पी एस सी के नये अध्यक्ष होंगे राज्यपाल बी डी मिश्रा ने आज राजभवन में आयोजित एक समारोह में निपो नाबाम को ए पी पी एस सी के अध्यक्ष और कोमोली मोसांग को सदस्य के रुप में शपथ दिलाई इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू उप मुख्यमंत्री चाउना मेन विधान सभा अध्यक्ष टी एन थोंगदक राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों मुख्य सचिव सत्यगोपाल और कई आला अधिकारी उपस्थित थे दोरजी खांडू राज्य कनवेंशन सेंटर में आज राज्य में विकास परियोजनाओं को सेटेलाईट से निगरानी के लिए वेब पोर्टल और मोबाईल एप्लीकेशन के उपयोग पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया इस अवसर पर राजधानी क्षेत्र जिला उपायुक्त प्रिंस धवन ने परियोजनाओं के अमल की बेहतर निगरानी के लिए प्रतिभागियों से प्रशिक्षण का सही उपयोग करने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि इससे विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता आयेगी और बेहतर तरीके से योजनाए बनाई जायेंगी भारत छोड़ो आंदोलन की आज छिहत्तरवीं वर्षगांठ है उन्नीस सौ बयालीस में आज ही के दिन अंग्रेजों को भारत छोड़ो के लिए मजबूर करने के वास्ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सभी देशवासियों को करो या मरों का नारा दिया था यह आंदोलन मुंबई के गवालिया टैंक मैदान से शुरु हुआ था आज का दिन हर वर्ष अगस्त क्रांति दिवस के रुप में मनाया जाता है इस अवसर पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात नया भारत और आजादी की प्रासंगिकता विषय पर हिंदी और अंग्रेजी में विशेष रेडियों ब्रिज कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करेगा

ईस्ट सियांग जिले के मेबो सब डिविजन और अन्य निचले इलाकों में सियांग नदी में अप्रत्याशित हाई टाईड़स के चलते सैकड़ो हेक्टयर खेती वन क्षेत्र और आवासीय क्षेत्र जलमग्न है विधायक लंबो तायेंग ने ग्रामिणों से सतर्क रहने को कहा है उन्होंने बताया कि इस मामले की जानकारी मुख्यमंत्री पेमा खांडू को दी गई है और उन्होंने आपदा प्रबंधन सचिव से सियांग नदी में उठ रहे टाईड्स पर नजर रखने को कहा है इधर ईस्ट सियांग जिले के मेबो सब डिविजन और असम से लगे कई इलाको में कम वर्षा से सूखे की स्थिति पैदा हो गई है राज्य में चावल की पैदावार के लिए विख्यात सियांग वैली के किसान सूखे की स्थिति से चिंतित है राज्य में सर्वशिक्षा अभियान के तहत कार्यरत राजकीय प्राईमरी के शिक्षको ने अपनी सेवाओं को जल्द नियमित किये जाने की मांग को लेकर ईटानगर में तीन दिनों तक धरना प्रदर्शन किया ऑल अरुणाचल एस ए शिक्षक संघ वर्षों से बैच वाईस शिक्षकों को नियमित करने की मांग कर रहा है अधिकारिक सूत्रों के अनुसार अभी तक छह सौ चौरानवें प्राईमरी और टी जी टी को नियमित किया गया है और अन्य सैकड़ों शिक्षक सेवाओं को रेगुलर किये जाने का इंतजार कर रहे है संसद ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम संशोधन विधेयक दो हजार अट्ठार पारित कर दिया है राज्यसभा ने आज इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों को न्याय देना है संशोधित विधेयक में दलितों के प्रति अत्याचार करने वालों की गिरफ्तारी के लिए पूर्व अनुमति का प्रावधान हटा दिया गया है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत बे विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार गरीबों के कल्याण और दलितों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि इस विधेयक में अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार से संबंधित मामलों के लिए विशेष अदालतें बनाने का प्रावधान किया गया हैं संसद ने राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक दो हजार अट्ठारह को मंजूरी दे दी है इसे आज राज्यसभा ने पारित में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर में अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है खेलमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति खेलों के क्षेत्र से होंगे इसकी शैक्षिक परिषद और शैक्षिक गतिविधियों से जुड़ी अन्य समितियों के सदस्य भी खेलों से जुड़े लोगों को बनाया जायेगा श्री राठौड़ ने बताया कि खेलों के लिए भारत में विश्व स्तरीय व्यवस्था विकसित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है उन्होंने कहा कि सरकार ने खिलाड़ियों की हर जरुरत पर ध्यान केंद्रित किया है खिलाड़ियों के वजीफे और आहार तथा अनुपूरक भत्ते में वृद्धि की गई है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 आज का अधिकतम तापमान तैंतीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान चौबीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटो के दौरान दो दशमलव सात मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई